मत्स्य सं दा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य सं दा योजना का उदघाटन किया उन्होंने ई गो ाला ऐ की भी श्रुआत की जिसका उददेश्य मत्स्य शालन मत्स्य बीज में व्यासक बेहतरी संबंधित बाजार और सुचना ोर्टल की व्यवस्था करना है प्रधानमंत्री मत्स्य सं दा योजना एक ऐसा अग्रणीय कार्यक्रम है जिसमें मत्स्य शालन क्षेत्र के सतत विकास र अधिक ध्यान दिया गया है

अब तक मत्स्य शालन क्षेत्र में निवेश की जाने वाली ये सबसे बड़ी राशि है

उत्तराखण्ड में मत्स्य ालन के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों की आय बढ़ाने में राज्य सरकार के प्रयासों को प्रधानमंत्री मत्स्य सम् दा योजना से बल मिलेगा स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे रेणिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव शये जाने वाले कोरोना लक्षण वाले सभी मामलों की अनिवार्य रू से आरटी ीसीआर के जरिये फिर से जांच करें मंत्रालय ने आया है कि क्छ बड़े राज्यों में रेपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव ाये जाने वाले कोरोना लक्षण वाले मामलों की आरटी ीसीआर जांच नहीं की जा रही है

मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोरोना लक्षण वाले नेगेटिव मामलों की अनिवार्य रू से जांच हो ताकि उनके संधर्क में आने वालों में संक्रमण न फैल सके

र्वतीय जिलों में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं गो श्वर म्ख्य बाजार में क्छ द्कानदारों की रि ोर्ट कोरोना ॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मुख्य बाजार में सभी दुकानदारों और उनके सहायकों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया है सैं ल की रि ोर्ट आने तक गो श्वर मुख्य बाजार की सभी द्कानें बंद रहेंगी लेकिन मुख्य बाजार को छोडकर अन्य सभी जगह जैसे हल्दा ानी नैग्वाड सुभाषनगर ठियालधार चमोली समेत अन्य स्थानों र बाजार हले की तरह खुले रहेंगे उधर बागेश्वर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हए जिलाधिकारी विनीत क्मार ने होम आईसोलेशन की व्यवस्था शुरू कर दी है म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से ला रवाही न बरतने की अपील की है उन्होंने लोगों से नियमित तौर र मास्क हनने सोशल डिस्टेंसिंग का ालन करने और बार बार हाथ धोने को कहा है

इस धनराशि के स्वीकृत होने से किसानों को उनके अवशेष गन्ना मूल्य का भ्गतान हो जायेगा म्ख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों को समय प्र उनकी उप्ज का भ्गतान हो यह स्निश्चित किया जाना चाहिए म्ख्यमंत्री ने चीनी मिलों के सुधारीकरण और गन्ना किसानों की समस्याओं के जल्द समाधान की दिशा में भी प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के स्तर श्र गन्ना किसानों को समय श्र भ्रगतान हो इसके लिए चीनी मिलों को अ नी आर्थिक स्थिति स्दृ किये जाने र ध्यान देना होगा ताकि भविष्य में चीनी मिलों के स्तर प्र ही किसानों को गन्ना मूल्य का भ्गतान हो सके

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ण्डित गोविंद बल्लभ न्त की जयंती के अवसर र उनके चित्र र श्रद्धा सुमन अर्थित किए उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में तजी का महत्व ुर्ण योगदान रहा देहरादून विधानसभा रिसर में ंडित गोविंद बल्लभ ंत के जन्म दिवस समारोह र ्ष्मांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने ंडित जी के चित्र र श्रद्धा सुमन अर्थित कर उनका भावप्र्ण स्मरण किया

उन्की जयंती र हर साल खूंट गांव में भव्य कार्यक्रम होते थे

बागेश्वर में लोक निर्माण विभाग तिराहे र स्थित ंडित त की प्रतिमा र माल्यार्थण कर उन्हें श्रद्धास्मन अर्थित किए गए उनकी स्मृति में वृक्षारो ण भी किया गया

विजेता बच्चों को प्रस्कार भी दिये गए कार्यक्रम में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार से जारी गाइडलाइन का शालन किया गया

नैनीताल के संत सार्क सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में जीबी ांत को याद किया गया रुद्र र स्थित कलेक्ट्रेट में सामाजिक द्री का ालन करते हए जिलाधिकारी रंजना राजग्रू और क्षेत्रीय विधायक राजक्मार ठुकराल ने संतजी को श्रदधांजलि दी उधर टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल और अन्य कर्मचारियों ने जीबी ांत की जयंती के अवसर र उनके चित्र र माल्यार्तण कर श्रदधा स्मन अर्पित किए

चमोली जिले के क्ण्ड कॉलोनी स्थित शहीद स्मारक शार्क में अधिकारियों कर्मचारियों ने जीबी ांत को श्रद्धांजलि अर्थित की

इसके तहत श्भांकर तैयार किया गया जो उत्तराखंड की संस्कृति और स्थानीय खाद्यानों को प्रदर्शित कर रहा है चम्धावत जिले के चारों विकासखण्डों में प्रचार रथ के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है सहायक जिला रियोजना अधिकारी ष्या चौधरी ने बताया कि ीषण माह के तहत उत्तराखण्ड की संस्कृति और स्थानीय खाद्यान्न को ोषण में शामिल करने के लिए सरूली बुआ र शुभांकर बनाया गया है इसके प्रचार प्रसार के लिए शोषण रथ बनाया गया है जिसके जरिए महिलाओं को उनके स्वास्थ्य भोजन विभिन्न्न टीकों जैसी जानकारी दी जाएगी

हादसे में तीन लोगों की मृत्यु हो गई जबकि एक अन्य घायल है वहीं चमोली जिला प्रशासन ने हर तहसील में ड्राइविंग स्कूल खोलने की योजना बनाई है इसके शीछे जिला प्रशासन का मकसद सड़क हादसों में लोगों की आकस्मिक होने वाली मौतों को रोकना है